इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ढाका में बंगलादेश स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की बंगलादेश की दो दिन की यात्रा पर आज ढाका के हजरत शाह जलाल अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अडडे पर पहंचने के तुरंत बाद श्री मोदी सावर स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक पहंचे और वहां शहीदों को पृष्पचक्र अर्पित किये इससे पहले ढाका पहुंचने पर बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने श्री मोदी का स्वागत किया ढाका हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय गान भी गाया गया श्री मोदी आज बंगलादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे आज तीसरे पहर ढाका के परेड मैदान पर आयोजित बंगलादेश राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में वे मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत सदैव बांग्लादेश का भागीदार बना रहेगा क्योंकि दोनों देश संयुक्त रूप से उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं इसके लिए बंगबंधु और लाखों बंगलादेशी देशभक्तों और हजारों भारतीयों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया बांग्लादेश के समाचार पत्र में आज प्रकाशित एक लेख में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस ऐतिहासिक यादगार वर्ष में हम भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन और अखोरा अगरतला रेल लिंक जैसी महत्वपूर्ण सम्पर्क परियोजनाओं के पूरा होने की आशा कर रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संपर्के में सुधार से व्यापार और भागीदारी मजबूत होगी तथा सहयोग के नये आयाम खुलेंगे भूमि और समुद्री सीमा मुद्दों जैसे समाधान में द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न उपलब्धियों को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक बार फिर वह समय है जब भारत बांग्लादेश भागीदारी बंगबंधु की साहसिक महत्वाकांक्षा की ओर अग्रसर हो सकता है इससे पहले कल एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश के साथ भागीदारी भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है उन्होंने कहा कि भारत इसे और मजबूत करने और आगे बढाने के लिए प्रतिबद्ध है

इसके साथ ही देश में मृतकों की संख्या एक लाख साठ हजार को पार कर गई है

अब तक बारह लाख सोलह हजार सात सौ पचास लोगों को टीके का पहला डोज दिया जा चुका है इनमें चार लाख दस हजार चार सौ सड़सठ स्वास्थ्य कर्मी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं जबकि किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त पैतालीस से साठ वर्ष आयु वर्ग के एक लाख पैतालीस हजार एक सौ आठ लोगों का वैक्सिनेशन हुआ है इसके अलावा साठ वर्ष से अधिक आयु के छह लाख इकसठ हजार एक सौ पचहतर लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं दो लाख सताइस हजार सात सौ अंठानबे लोगों को टीके का दूसरा डोज भी दिया जा चुका है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के दो सौ अठहतर नए मामले सामने आए हैं इसी अवधि में बहतर संक्रमितों ने वैश्विक महामारी को मात दी है इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या एक लाख उन्नीस हजार छह सौ अंठानबे हो गई है हाल के दिनों में संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के कारण राज्य में संक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक हजार एक सौ पचहतर हो गई है राज्य में अब तक अंठावन लाख चौदह हजार तीन सौ छिहतर सैंपलों की जांच हुई है झारखंड समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोडरमा जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है होली के मददेनजर दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों से लोग अपने घर वापस लौट रहे है ऐसे में जिला प्रशासन ने टेस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की कार्रवाई तेज कर दी है रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कोडरमा में फिलहाल बारह सक्रिय मामले हैं जिनका इलाज डोमचांच स्थित कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में चल रहा है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हए अस्पतालों में जहां अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती की गई है वहीं वेंटीलेटर और अन्य जरूरी उपकरणों को फिर से सक्रिय कर दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सरकारी खातों के वार्षिक समापन के लिए विशेष उपायों की घोषणा की है

उस दिन एनईएफटी और आरटीजीएस भी देर रात तक किया जा सकेगा पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपनी सुरक्षा अपने हाथ कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसके तहत स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों को जागरूक किया जा रहा है

तालाब डैम और नदियों को अतिक्रमण मुक्त कराने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि सरकार के शपथ पत्र से स्पष्ट है कि रांची में पानी की कमी होने वाली है उन्होंने कहा कि जल संकट को दूर करना हम सबकी जिम्मेवारी है मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे खूद रांची और आसपास के जलाशयों का निरीक्षण करेंगे मधुपुर उपचुनाव को लेकर अब प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है इस सीट पर सीधी लड़ाई सतारूढ़ गठबंधन और भाजपा के बीच है गठबंधन की ओर से जहां राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन चुनाव मैदान में हैं वहीं भाजपा ने हाल ही में आजसू पार्टी छोड़ कर आए गंगा नारायण सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है

गठबंधन की ओर से झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन ने कल ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया है इस उपचुनाव के लिए सत्रह अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और दो मई को मतों की गिनती होगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन अप्रैल सेशन के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है अप्रैल सेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन चार अप्रैल तक लिये जाएंगे जबकि पांच अप्रैल आधी रात तक फीस जमा किया जा सकेगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से संबंधित सूचना बाद में जारी होगी जेईई मेन इस साल चार सत्रों में आयोजित की जानी है फरवरी और मार्च की परीक्षा हो चुकी है तीसरे सत्र के लिए सताइस से तीस अप्रैल तक परीक्षा होगी जमशेदपुर शहर के निजी विद्यालयों में गरीब वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित पच्चीस प्रतिशत सीटों पर अब तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है

हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत दनुआ घाटी में हुई एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई बताया जाता है कि कल मध्य रात्रि के बाद एक पुलिस चैन और ट्रक के बीच सीधी टक्कर हो गई हादसे में पुलिस वैन के चालक और ट्रक चालक की मौत हो गई सरायकेला खरसांवा जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से ठोस पहल की जा रही है इस सिलसिले में उपायुक्त अरवा राजकमल ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की बैठक के दौरान उन्होंने विशेष जांच अभियान चलाकर ओवर स्पीड ड्रंक एंड ड्राइव और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया उन्होंने दोपहिया वाहनों में पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है इसके अलावा ऑटो चालकों के लिए ड्रेस कोड भी लागू करने को कहा है भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर डेढ़ बजे से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में खेला जाएगा चोटिल श्रेयस अय्यर की जगह इस मैच में ऋषभ पंत या सूर्यकुमार यादव में से किसी एक को मौका मिल सकता है

भारतीय टीम अगर यह मैच जीत जाती है तो वह घर में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार छठी द्विपक्षीय सीरीज जीत लेगी